केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस विधेयक को सदन में पेश कर सकते हैं विधेयक में पडौसी देशों बंगलादेश पांकिस्तान और अफगानिस्तान से आए गैर मुस्लिमों को भारतीय नागरिकता देने का प्रावधान है मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस तृणमूल कांग्रेस के साथ साथ असम में अखिल असम छात्र संघ और पूर्वोत्तर राज्यों के अनेक दल तथा सामाजिक संगठन विधेयक का कड़ा विरोध कर रहे हैं मंत्रिमंडल द्वारा विधेयक को मंजूरी दिये जाने के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने संवाददाताओं से कहा था इसमें सभी के तथा भारत के हितों का ख्याल रखा गया है

श्री मोदी ने कहा कि पुलिसकर्मियों को बच्चों और महिलाओं समेत समाज के सभी वर्गो में भरोसा पैदा करने के लिए अपनी छवि सुधारने के प्रयास करने चाहिए श्री मोदी ने सम्मेलन में पुलिस नियोजन और क्रियान्वयन के बेहतर सुझाव देने की सराहना की श्री मोदी ने सम्मेलन के निष्कर्षों को राज्य में जिला तथा थाना स्तर तक पहुंचाने का आग्रह किया

राज्य के न्यायिक इतिहास में जयप्र पीठ गठित होने के बाद ये पहला मौका होगा जब सभी न्यायाधीश एक ही स्थान पर सुनवाई करेंगे

इधर चिकित्सा मंत्री रघ् शर्मा ने कल चिकित्सा अधिकारियों के साथ जयपुर में बैठक की और निरोगी राजस्थान अभियान को घर घर पहुंचाने के निर्देश दिए रघु शर्मा ने विभिन्न जिलों के सीएमएचओ और संयुक्त निदेशकों से राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का फीडबैक लिया

इस उप समिति में ऊर्जा मंत्री बुलाकी दास कल्ला कृषि मंत्री लालचन्द कटारिया सूचना और जनसम्पर्क मंत्री डॉ रघु शर्मा अल्पसंख्यक मामलात मंत्री शाले मोहम्मद महिला और बाल विकास राज्यमंत्री ममता भूपेश खेल और युवा मामले राज्यमंत्री अशोक चांदना तथा सूचना और जनसम्पर्क राज्यमंत्री डॉ सुभाष गर्ग को शामिल किया गया है

राज्यपाल का कल देर शाम जयपुर लौटने का कार्यक्रम है

महिला के नियंत्रण कक्ष में कॉल करने पर नियंत्रण कक्ष के पास के पीसीआर वाहन या थानाधिकारी के वाहन से उसे सुरक्षित रूप से गंतव्य तक पहुंचाने की निशुल्क सुविधा दी जायेगी